नेपाल और बिहार में लगातार बारिश से उत्तर बिहार और कोसी क्षेत्र की नदियों ने भीषण रूप दिखाना शुरू कर दिया है कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है राज्य सरकार ने छह जिलों के छब्बीस प्रखंडों को बाढ़ से प्रभावित घोषित किया है पूर्वी चंपारण मध्रबनी सीतामढ़ी शिवहर किशनगंज और अररिया बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हैं वहीं पश्चिम चंपारण दरभंगा सुपौल सीवान और सारण जिले में भी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से जनजीवन प्रभावित हुआ है नदियों का जलस्तर बढ़ने से तटबंधों पर भी दबाव बढ़ गया है और नदियों के आसपास के गांवों में बागमती नदी का बाढ़ का पानी फैल गया है इससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है सीतामढ़ी में सुप्पी मेजरगंज बैरगनिया रून्नीसैदपुर परिहार और सुरसंड प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है सुरसंड में भिट्टामोड़ मुख्य चौक से रात में ही प्रल तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एक सौ चार पर तीन फीट पानी का तेज बहाव होने से आवागमन ठप हो गया है स्थानीय पुलिस थाने और कई सरकारी कार्यालयों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है भारी बारिश के चलते सीतामढ़ी के जिलाधिकारी ने बीस जुलाई तक सभी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में पठन पाठन स्थगित रखने के निर्देश दिया है सीतामढ़ी में सभी अंचल और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को स्थानीय इलाकों में कैंप करने के निर्देश दिये गये हैं सरकारी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गयी हैं मधुबनी जिले में जयनगर प्रखंड में कमला नदी के उफान के कारण कई गांवों बाढ़ से घिर गये हैं नेपाल और प्रदेश में नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण गंडक ब्रढ़ी गंडक बागमती लालबकिया कोसी नदी का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान को पार कर गया है हमारे शिवहर संवाददाता ने बताया कि डुब्बा घाट पर नदी का जलस्तर खतरे के निशान से पांच सेंटीमीटर ऊपर आ गया है इधर गंडक नदी पर बने वाल्मिकीनगर बराज से पौने दो लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद पश्चिमी चंपारण जिले में बगहा और आसपास के कई प्रखंडों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है अररिया जिले में विभिन्न नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी और निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने से पलासी और कुर्साकांटा प्रखंडों में समस्या गंभीर हो गयी है जिलाधिकारी ने फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिये निर्देश दिये हैं यहां एनडीआरएफ की दो टीमों को बचाव और राहत कार्य के लिये तैनात किया गया है बाढ़ का पानी फैलने और जल भराव के कारण कई स्थानों पर ट्रेनों का परिचालन बाधित हुआ है समस्तीपुर रेलमंडल अंतर्गत सीतामढ़ी कुंडवा चैनपुर रेलखंड पर पटरी धंसने के कारण ट्रेनों का परिचालन ठप्प हो गया है पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि इस रेलखंड पर चलने वाली कई गाड़ियों का परिचालन रद्द कर दिया गया है वहीं कई ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है उन्होंने बताया कि रक्सौल आनंद विहार एक्सप्रेस दरभंगा जांलधर सिटी एक्सप्रेस को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है वहीं रक्सौल पाटलिपुत्र ट्रेन को आज रद्द कर दिया गया है अररिया जिले के जोगबनी के निचले इलाके में देर रात बाढ़ का पानी घुस गया और जोगबनी स्टेशन पर ट्रैक पानी में डूब गया पटरी के पानी में डूब जाने से ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया है कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है वहीं कुछ ट्रेनों को कटिहार जोगबनी रेलखंड पर फारबिसगंज से चलाया जा रहा है ट्रेनों का परिचालन ठप होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करने पड़ रहा है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है इस दौरान पश्चिम चम्पारण पूर्वी चम्पारण सीवान गोपालगंज सुपौल सीतामढ़ी शिवहर दरभंगा कटिहार अररिया किशनगंज और पूर्णियां जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है पिछले चौबीस घंटों के दौरान सबसे अधिक चौबीस सेंटीमीटर बारिश सोनवर्षा में रिकॉर्ड की गयी है राज्य में बारिश के कारण अलग अलग दुर्घटनाओं में और डूबने से तेरह लोगों की मौत की खबर है इधर आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को राहत और बचाव कार्य के लिये भेजा जा रहा है

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी दलों के नेताओं से इस समस्या पर विचार विमर्श किये और सुझाव भी प्राप्त किये श्री कुमार ने इस अवसर पर कहा कि जलवायु परिवर्तन का असर बिहार पर भी देखने को मिल रहा है इसके कारण कहीं सुखाड़ तो कहीं बाढ़ की समस्या है उन्होंने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए व्यापक अभियान चलाने पर जोर दिया श्री कुमार ने कहा कि विभिन्न प्रकार के सुझावों के आधार पर इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिये रोड मैप तैयार किया जायेगा उच्चतम न्यायालय ने बच्चों से द्रष्कर्म की घटनाओं में बढ़ोतरी को गंभीरता से लिया है न्यायालय ने कहा कि वह ऐसी घटनाओं के खिलाफ पूरे देश से स्पष्ट प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी करेगा प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि न्यायालय ने इस बारे में समाचार पत्रों और पोर्टलों में विभिन्न खबरों का स्वतः संज्ञान लेने का फैसला किया है पीठ ने उच्चतम न्यायालय रजिस्ट्री को इस मामले को बच्चों से दुष्कर्म की घटनाओं में बढ़ोतरी शीर्षक से रिट याचिका के रूप में दर्ज करने को कहा और सोमवार को इस बारे में दिशा निर्देश जारी करने का फैसला किया केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज पटना में बीस करोड़ रूपये की लागत से बने टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज टीसीएस केंद्र का उद्घाटन किया श्री प्रसाद ने कहा कि टीसीएस द्वारा संचालित इस केन्द्र में वर्तमान में चार सौ आईटी क्षेत्र के पेशेवरों को रोजगार प्राप्त होगा बाद में इसकी संख्या बढ़ाकर पंद्रह सौ तक की जायेगी उन्होंने कहा कि कंपनी के अधिकारियों ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि इस केन्द्र का जल्द ही क्षमता विस्तार किया जायेगा जिससे और लोगों को रोजगार प्राप्त होगा गौरतलब है कि टीसीएस विश्व की सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों में शामिल है प्रदेश में पटना उच्च न्यायालय के अलावा विभिन्न जिला और अनुमंडलीय अदालतों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया इस दौरान विभिन्न प्रकार के दिवानी मामलों का निपटारा आपसी समझौते के आधार पर किया गया और करोड़ों रूपये के दंड की वसूली की गयी पटना में बैंक से संबंधित तेरह सौ से अधिक मामलों का निष्पादन किया गया और साढ़े सात करोड़ से अधिक की अर्थदंड की वसूली की गयी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में आज शिवहर व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया

जिसमें से इक्यानवे मामलों का निष्पादन किया गया साथ ही उनतालीस लाख विभिन्न मामलों में जमा करने का फैसला किया गया जमुई व्यवहार न्यायालय परिसर में एक हजार उनचास मामलों का निष्पादन किया गया और एक करोड़ रूपये से अधिक की वसूली की गई बिहार निवासी मैथिली के दो साहित्यकारों को इस वर्ष का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी बाल और युवा पुरस्कार दिया जाएगा साहित्यकार अमित पाठक को मैथिली कविता संग्रह राग उपराग के लिए वर्ष दो हजार उन्नीस का साहित्य अकादमी युवा प्रस्कार दिया जाएगा वहीं ऋषि वशिष्ठ को कथा संग्रह फूलक गुलदस्ता के लिए बाल साहित्य सम्मान दिया जाएगा साहित्य अकादमी दिल्ली की ओर से शुक्रवार को इन पुरस्कारों की घोषणा की गई थी गया जिले के बाराचट्टी थाना के दो दारोगा हरेन्द्र कुमार और धर्मेन्द्र कुमार को ट्रक चालक से अवैध वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया है भागलपुर जिले में विशेष अभियान के तहत पुलिस ने अट्ठावन अपराधियों को गिरफ्तार किया है बेगूसराय जिले के गड़हरा थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव के पास सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गयी जबकि एक अन्य घायल हो गया

और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश में विभिन्न नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण बाढ़ का संकट गहराया